पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सम्पन्न

कोविड का फैलाव रोकने के लिए रामनवमी और सरहुल के दौरान शोभा यात्रा नहीं निकालने का राज्य सरकार ने दिया आदेश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताएं सिद्ध की आज दोनों राष्ट्र मिलकर इस महामारी से दुढतापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत यह अपना कर्तव्य समझता है कि मेड इन इंडियाँ वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा राज्य सरकार एनी स्मार्ट क्लास के जरिये नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है इसी के तहत गिरिडीह जिले के मॉडल ब्लाइंड स्कूल में नेत्रहीन दिव्यांग छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कराई गई है यहां एनी उपकरण लगाये गये हैं एनी स्मार्ट क्लास एक सेल्फ लर्निंग डिवाइस है जो नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित होने में सहायता करती है इस डिवाइस के जरिए छात्र हिंदी अंग्रेजी व अन्य भाषाओं को सीख सकते हैं स्मार्ट क्लास में टेलर फ्रेम अबाकस टाइप्स इंटर प्वाइंट वुडेन स्लेट नंबर प्लेट व अन्य मशीनी उपकरण की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी

सांसद जयंत सिन्हा आज हजारीबाग जिले के बहोरनपुर गये और वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई कार्य का निरीक्षण किया

श्री सिन्हा ने यहां से प्राप्त अवशेषों व मूर्तियों को यहां बनने वाले म्यूजियम में रखे जाने की वकालत की उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने यहां एक बड़ा संग्रहालय भी बनवाए जाने की बात कही

मतदान के दौरान अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है असम में शाम छह बजे तक जबकि पश्चिम बंगाल में शाम साढ़े छह बजे तक मतदान कराया गया

श्री मोदी के अलावा शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित अन्य नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जापानी प्रधान मंत्री योशिहिदे सुगा ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रडो इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सऊदी अरब के शाह सलमान अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं

राज्य सरकार ने कोविड का फैलाव रोकने के लिए रामनवमी और सरहल त्योहारों के दौरान शोभा यात्रा नहीं निकालने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है राज्य सरकार ने लोगों से होली शब ए बारात सरहल रामनवमी और ईस्टर त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ न लगाने की अपील की है राज्य के मुख्य सचिव को जारी निर्देशों में सरकार ने लोगों से सादगी से त्योहार मनाने को कहा है निर्देशों में कहा गया है कि त्योहार संबंधी गतिविधियां केवल मंदिरों गिरिजाघरों और पूजा स्थलों तक सीमित होनी चाहिए और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए स्थानीय प्रशासन को इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है रांची जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी से अपने अपने घरों में होली और शब ए बारात का त्योहार मनाने की अपील की है जिला प्रशासन ने तेज आवाज वाली माइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है श्री रंजन ने कहा है कि इस आदेश के उल्लंघन की शिकायत नजदीकी थाने में कर सकते हैं

राज्य के स्वास्थ्य सचिव के के सोन ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखकर पर्व त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतने का आदेश दिया है बस स्टैंड एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच करने को कहा है उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों विशेष रूप से बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने और पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग करने की हिदायत दी है

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश निकास द्वार व कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनर हैंड वॉश एवं सेनिटाइजर रखने और नो मास्क नो इंट्री का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गये हैं

सीने में दर्द के कारण कल उन्हें दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें चिकित्सा जांच के बाद निगरानी में रखा गया है श्री कोविंद ने आज एक ट्वीट में उन्हें श्भकामनाएं देने वालों का धन्यवाद किया

ट्वीटर पर उन्होंने अपने मिलने वालों से कहा है कि वे भी अपनी कोरोना जांच करवा लें राज्य सरकार ने कोडरमा और गिरिडीह जिले में माइका उद्योग को पुर्नजिवित करने की तैयारी शुरू कर दी है

प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रोएड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है